पहले चरण में तीस करोड़ लोगों को दिया जायेगा टीका

परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश बिहार विधानसभा के लिए बाईस समितियों का गठन

अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी होगी तेजी से गिरावट बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में तीस करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है कोविड उन्नीस वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पचास वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की दी जाएगी इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे पचास वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा टीका लगाने के बाद तीस मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी द्रष्प्रभाव का पता लगाया जा सके टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया में बीस मंत्रालयों की सहभागिता होगी कोविड वैक्सीन इनटेलिजेंस नेटवर्क को विन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा टीकाकरण केन्द्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा टीकास्थल पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी पचास वर्ष या अधिक उम्र के लोगों की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा को विन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित बारह फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में कोवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन सुरक्षित रखने के हर आवश्यक उपाय करने को कहा गया है कोरोना के संभावित वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में चल रहा है

तीसरे चरण के तहत अब तक बयासी लोगों को टीका दिया जा चुका है प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है इस समय विभिन्न अस्पतालों में चार हजार नौ पचहत्तर रोगियों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ पैंतीस रोगी स्वस्थ हुए हैं जबकि चार सौ पच्चीस नये मामलों की पुष्टि भी हुई है राज्य में अबतक दो लाख सैंतीस हजार तीन सौ बहत्तर रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार एक प्रतिशत तक पहुंच गई है जो राष्ट्रीय औसत से दो दशमलव चार तीन प्रतिशत अधिक है भारतीय रेलवे आज से इक्कीस रेलवे भर्ती बोर्डो के माध्यम से एक लाख चालीस हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है रेल मंत्रालय के अन्सार देश भर के विभिन्न शहरों में दो करोड़ चौवालीस लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे परीक्षा का पहला चरण आज से अठारह दिसंबर के बीच होगा इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए अट्ठाईस दिसंबर से मार्च दो हजार इक्कीस तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जायेगी रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड उन्नीस महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं प्रतिदिन दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है प्रत्येक पाली के बाद परीक्षा केंद्र को सैनेटाइज किया जायेगा उम्मीदवारों के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जायेगी उम्मीदवारों को प्रवेश पर निर्धारित प्रारूप में कोविड उन्नीस से संबंधित स्व घोषणा करनी होगी अन्यथा परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी बिहार विधानसभा के लिए बाईस समितियों का गठन कर दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद को सात भाजपा को छह जदयू को पांच कांग्रेस को दो और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा भाकपा माले को एक एक कमिटियों की अध्यक्षता सौंपी है पूर्व मुख्यमंत्री और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को प्राक्कलन समिति प्रेम कुमार को याचिका समिति विनोद नारायण झा को निवेदन समिति कृष्ण कूमार ऋषि को उद्योग विकास समिति और अरूणा देवी को महिला और बाल विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है इसी तरह जदयू के नरेन्द्र नारायण यादव को जिला परिषद और पंचायती राज समिति और दामोदर रावत को आश्वासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है राजद के तेज प्रताप यादव को गैर सरकारी विधेयक समिति और अनिता देवी को पर्यटन उद्योग समिति का अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस के अजीत शर्मा प्रत्यायुक्त विधान समिति और आफाक आलम अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति होंगे केन्द्रीय द्रसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रदेश के तीन सौ डाकघरों में आज जनसेवा केन्द्रों की श्रूआत करेंगे डाक विभाग के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से लोग बिजली बिल गैस जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र पेंशन छात्रवृत्ति पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे उन्होंने बताया कि अगले वर्ष मार्च महीने तक पांच सौ बत्तीस डाकघरों में जनसेवा केन्द्र काम करने लगेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत आज रोहतास जिले में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविरों के माध्यम से दो हजार एक सौ दिव्यांगजनों के बीच सहायक यंत्रों और उपकरणों का निःशुल्क वितरण करेंगे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे समारोह में स्थानीय सांसद छेदी पासवान भी मौजूद रहेंगे मौसम विभाग ने कहा है कि अठारह दिसम्बर से पूरा प्रदेश एकबार फिर घने कोहरे की चपेट में आज जायेगा मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है बारिश होने से तापमान में गिरावट आयेगी मौसम वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि बारिश होने के बाद बादल छटेंगे और न्यूनतम पारा में तेजी से गिरावट आयेगी उन्होंने बताया कि अभी बादलों के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है कृषि विभाग ने कहा है कि खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों के फसल की सरकारी क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं की जायेगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा विभाग ने पूआल जलाने वाले किसानों की पहचान के लिए सैंतीस जांच दलों का गठन किया है राज्य और मंडल मुख्यालय के अधिकारियों को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गयी है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुआल जलाने वाले किसानों की निगरानी के लिए अधिकारियों को हवाई सर्वे का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने उनतीस जिलों के पांच हजार तेरह पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जांच कराने का फैसला किया है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी को जांच के लिए अधिकृत किया गया है सोसायटी सर्वे कर योजना की प्रगति और उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच करेगा गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन अब बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड करेगा गया के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने सताईस साल पुराने एक मामले में यह फैसला सुनाया न्यायालय ने कहा कि प्रबंधन को लेकर गया पाल के दावे को खारिज किया जाता है वर्ष उन्नीस सौ बानवे में गया की एक अदालत ने मंदिर प्रबंधन को लेकर गया पाल के पक्ष में फैसला दिया था जिसके खिलाफ धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपील की थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है अब यह परीक्षा एक फरवरी से तेरह फरवरी के बीच होगी पहले परीक्षा तीन फरवरी से होनी थी प्रदेश में बिक रहे चौवन प्रकार के पान मसालों में कैंसर कारक तत्व मैग्नीशियम कॉर्बोनेट पाया गया है खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर के विभिन्न जिलों से लिए गये सैंपल की जांच रिपोर्ट जारी की है इससे पूर्व भी इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा मिली थी जिसके बाद इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गय था बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल नौ फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में लूट के क्रम में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी की हत्या और एक अन्य के घायल होने के मामले में कोचस के थानाध्यक्ष राकेश कुमार और गश्ती प्रभारी बालमुकुन्द पासवान को निलंबित कर दिया गया है भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के अहिले खेड़ी गांव से पुलिस ने एक महिला समेत दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों के पास से सत्रह पिस्तौल और चौंतीस कारतूस बरामद किये गये हैं जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिक थान जंगल से पुलिस ने बीस किलो विस्फोटक बरामद किया है पश्चिम चंपारण जिले के चिउटाहां थाना क्षेत्र के ढोलबजवा से एसटीएफ की टीम ने दो कुख्यात नक्सलियों को विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है वहीं जिले के बथुवरिया थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से पुलिस ने दस शिकारियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया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 हिन्दुस्तान ने लिखा है मुख्यमंत्री ने मौसम अनुकूल खेती का किया शुभारंभ अब हर साल तीन फसल उगा पायेंगे किसान दैनिक जागरण की सुर्खी है नये कृषि कानूनों के समर्थन में आये दस किसान संगठन दैनिक भास्कर ने विधानसभा समितियों के गठन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है अखबार लिखता है भाजपा के नंदकिशोर यादव प्रेम कुमार राम नारायण मंडल और विनोद नारायण झा नहीं बनेंगे मंत्री प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है अब निजी बोरिंग करने से पहले लेना होगा लाईसेंस दैनिक आज ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है मेरे विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है गूगल की सर्विसेज कल चालीस मिनट तक क्रैश रही

पहले चरण में तीस करोड़ लोगों को दिया जायेगा टीका

परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश बिहार विधानसभा के लिए बाईस समितियों का गठन

अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी होगी तेजी से गिरावट